प्रदेश सरकार ने अपने दो साल पूरा होने पर गिनायी उपलब्धियां विपक्ष ने की सरकार के कामों की आलोचना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने की लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश की तीस सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा प्रसपा और पीस पार्टी के बीच हुआ गठबंधन प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रकिया कल से शुरू आठ ज़िलों में अट्ठारह अप्रैल को होगा मतदान जीएसटी परिषद ने आवासीय संपत्ति से संबंधित वस्त और सेवा कर की दर में नई परिवर्तन योजना को मंजूरी दे दी है इसके तहत आवासीय परियोजना डेवलपर्स अपने निर्माणाधीन मकानों के लिए इच्छानुसार बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के नई संशोधित कम दर का चयन कर सकते हैं या इस पर लागू पुरानी दर पर बने रह सकते हैं राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि इस वर्ष एक अप्रैल या इसके बाद शुरु होने वाली आवासीय परियोजनाओं के डेवलपर्स को पिछले महीने जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित वस्तु और सेवा कर की नई दर को स्वीकार करना होगा उन्होंने कहा कि डेवलपर्स इस वर्ष इकतीस मार्च के बाद या इससे पहले शुरु हुई अन्य आवास परियोजना के लिए जीएसटी विकल्पों की अन्य योजनाओं का भी चयन कर सकते हैं श्री पांडे ने कहा कि निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं के लिए जीएसटी की नई दर से राजस्व संग्रह में सरकार को घाटा नहीं होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में रक्षा अंलकरण समारोह के दौरान शौर्य सम्मान और विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान किये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 लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट को उत्तम युद्व सेवा पदक प्रदान किया गया असम राइफल्स राइफलमैन जयप्रकाश उरांव और मैकेनाइज्ड इन्केंट्री के जवान अजय क्मार को मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया गया श्री कोविंद ने सोलह वर्षीय इरफान रमजान शेख को शौर्य चक्र प्रदान किया जिन्होंने जम्मू कश्मीर में दो हजार सत्रह में अपने घर पर हुए आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया था राष्ट्रपति ने असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए तेरह परम विशिष्ट सेवा पदक दो उत्तम युद्व सेवा पदक और छब्बीस अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए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 इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा वायु सेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल बीरेन्द्र सिंह धनोआ और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद थे प्रदेश सरकार ने कल दो साल पूरे कर लिये हैं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 उन्होंने एक ट्वीट सन्देश में कहा कि प्रदेश की जनता को भाजपा सरकार के दो साल संकट के सौ साल लग रहे हैं निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से सेना की गतिविधियों को राजनीतिक प्रचार में शामिल नहीं करने को कहा है आयोग ने इस सिलसिले में राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को परामर्श जारी किया है इसमें कहा गया है कि राजनीतिक दलों को सलाह दी जाती है कि उनके प्रचारकों और उम्मीदवारों को ऐसे कार्यो से दूर रहना चाहिए निर्वाचन आयोग ने अपने पहले के परामर्श का भी हवाला दिया जिसमें उसने राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों और नेताओं को अपने च्नाव प्रचार में रक्षाकर्मियों की तस्वीरों और उनसे जूड़ी कार्रवाईयों की तस्वीरों को अपने चुनाव में विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी थी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मैं भी चौकीदार नारा एक जन आंदोलन बन गया है केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल नई दिल्ली में बताया कि यह नारा दुनिया भर में ट्वीटर पर काफी आगे चल रहा है उन्होंने बताया कि अब तक बीस लाख लोग इस बारे में ट्वीट कर चुके हैं और नमो एप पर एक करोड़ लोगों ने मैं भी चौकीदार शपथ ली है इस नारे की कांप्रेस द्वारा की गई आलोचना पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग जमानत पर हैं और जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें ही इस नारे से तकलीफ हो रही है लोकसभा चुनाव के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने कल प्रदेश की तीस संसदीय सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की सुदी जारी कर दी है फिरोजाबाद सीट से पार्टी प्रमुख शिवपाल यादव स्वयं चुनाव लड़ेंगे इस बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया और पीस पार्टी के बीच गठबंघन हो गया है प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव और पीस पार्टी प्रमुख डॉक्टर अययूब ने कल लखनऊ में आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन इसकी धोषणा की इस दौरान श्री यादव ने कहा कि उनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव में अपना दल कृष्णा पटेल का समर्थन मिला है कांग्रेस महासचिव और पूर्वांचल प्रभारी प्रियंका गांधी कल मिर्जापुर पहुंची जहां उन्होंने मॉ विन्ध्यवासिनी के धाम में पूजा अर्चना की उन्होंने विध्याचल के विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन कर त्रिकोण परिक्रमा पूरी की इस बाद प्रियंका गांधी ने प्रसिद्व सूफी संत ख्वजा इस्माइल चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई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 प्रियंका गांधी आज वाराणसी में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी प्रदेश में दूसरे चरण के लिए आठ सीटों पर होने वाले मतदान के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गयी है इस चरण में चार सामान्य सीटें अमरोहा अलीगढ़ मथुरा और फतेहपुर सीकरी तथा चार सुरक्षित सीटें शामिल हैं जिनमें नगीना बुलंदशहर हाथरस और आगरा हैं जिन पर अट्ठारह अप्रैल को वोट पड़ेंगे इस चरण के मतदान के लिए छबीस मार्च तक नामांकन दाखिल किये जा सकेंगे और उनकी जांच सत्ताईस मार्च को होगी उन्तीस मार्च तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि प्रदेश के इन आठ निर्वाचन क्षेत्रों में एक करोड़ चालीस लाख मतदाता है जिनमें पचहत्तर लाख तिरासी हजार पुरूष चौसठ लाख बान्नबे हजार महिला और आठ सौ अट्ठहत्तर थर्ड जेंडर मतदाता है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 इन क्षेत्रों में कुल आठ हजार सात सौ इक्यावन मतदान केन्द्र बनाये गये हैं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

जिसमें सहारनपुर से एक गाजियाबाद से दो और गौतमबुद्वनगर से एक निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा भरा प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल येंकेटेश्वर लू ने कल लखनऊ में यह जानकारी दी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 राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत आतंकवाद और उसे समर्थन देने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा गुरुग्राम में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की अस्सवीं वार्षिक परेड को संबोधित करते हुए श्री डोमाल ने कहा कि देश पुलवामा आतंकी हमले को भूला नहीं है और न ही कभी भूलेगा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 इस बल को ऐसी साख बनाने में वर्षो की मेहनत लगी है पुलवामा के शहीदों के प्रति सम्मान के कारण इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रखे गये हैं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना उन्नीस मार्च उन्नीस सौ पचास को हुई थी जब सरदार पटेल ने उसे ध्वज प्रदान किया था गोण्डा जिला पंचायत सभागार में कल उन्तीस जोनल और एक सौ सत्तान्नबे सेक्टर मजिस्ट्रेटों को ईवीएम और वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल की अध्यक्षता में यह प्रशिक्षण दिया गया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 प्रदेश में होली के त्योहार की धूम श्रू हो गयी अयोध्या काशी मथुरा में रंगभरी एकादशी के दिन से ही होली की श्रूआत हो जाती है होली की पूर्व संध्या पर प्रदेश भर में आज रात्रि मुहुर्त के अनुसार होलिका दहन का कार्यक्रम सम्पन्न किया जायेगा कई सामाजिक संगठनों ने लोगों से हरे पेड़ और कीमती लड़कियों को जलाने से परहेज करने को कहा है